हमारे संवाददाता ने बताया है कि विपक्ष ने सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए कइ विधेयकों का जोरदार विरोध किया जैसे ही आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई समूचा विपक्ष सरकार के विरुद्ध कानून व्यवस्था कथित फर्जी पुलिस एनकाउंटर किसानों के मुद्दे तथा बेरोजगारी को लेकर नारे लगाने लगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों ने सरकार पर सदन में बहमत की शक्ति का द्ररुपयोग कर जनविरोधी कानून बनाने का आरोप लगाया

विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना से सबसे अच्छे तरीके से निपट रही है उन्होंने विपक्ष पर कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आज कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर विपक्ष को करारा जवाब दिया अपने एक घंटे के संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी से निपटने में जो प्रयास किये गये उसकी सभी ने सराहना की है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में सरकार क सभी विधायक और मंत्री राहत कार्य में जुटे हुए हैं

आज उत्तर प्रदेश के अन्दर आंकड़ों पर जब मैं बताऊंगा तो आंकड़े बताते है कि एक एक व्यक्ति ने एक एक जन प्रतिनिधि ने सेवा की जो अप्रितम मिसाल प्रस्तुत की है उसका परिणाम है कि देश के अन्दर सबसे बड़ी आबादी का राज्य अपने यहां कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा हैं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में जहां अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किये गये भूमि पूजन को ऐतिहासिक बताया वहीं राम मंदिर का विरोध करने वालों को भी आइना दिखाया उन्होंने कहा कि राम का विरोध करने वाले लोग परश्राम के बहाने राम का नाम ले रहे हैं उन्होंने विपक्ष पर गलत आंकड़े देकर लोगों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाय

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद किसानों की समस्याओं को बाधित नहीं होने दिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान प्रदेश में रह रहे बिहार हरियाणा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लोगों को उनके घरों तक भेजा गया

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एक साल के अन्दर सभी गांवों और मजरों तक बिजली पहुंचायेंगे उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वांचल बुन्देलखंड और डिफेंस कॉरिडोर को तय समय में पूरा किया जायेगा

उधर विधान परिषद में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच जरूरी विधायी कार्य निपटाने के बाद सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया

कोरोना से मृत्यु दर घटकर एक दशमलव आठ सात प्रतिशत रह गई है

भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है और यह इस दिशा में संकेत देता है कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा तथा प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा इस वायरस को खत्म करने के लिये बेहतरीन कार्य किया गया है उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच और बेहतर कार्यशैली के चलते ही यह संभव हो सका है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

प्रदेश भाजपा के नये पदाधिकारियों की आज घोषणा कर दी गई है पाटी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए नये पदाधिकारियों को बधाई दी है

प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों को प्री निष्ठा से निवर्हन करते हुए सामुहिक प्रयासों के माध्यम से प्रदेश में संगठन को नई गति प्रदान करेंगे

यह फैसला ब्रआई मौसम में किसानों की उर्वरक और बीज की बढ़ती मांग को देखते हुए किया गया है ये प्रतिबंध सोमवार सवेरे तक लागू रहेगा राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और सरकार किसानों को उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने के सभी उपाय कर रही है श्री शाही ने बताया कि उर्वरकों का भंडारन और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है

दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने उनका लाइसेंस रद्द करने और दुकान बंद करने की कार्रवाई शामिल है गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज प्रदेश भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लोग गणेश चतुर्थी का पर्व घरों में रह कर सादगी के साथ मना रहे हैं यह दिन बुद्धि और ऋद्धि सिद्धि दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है आज घरों में मिट्टी की गणश प्रतिमा स्थापित कर दस दिनों तक अनंत चतुर्थीदशी तक गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है उत्सव सम्पन्न होने पर ये प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं कोरोना महामारी के चलते इस बार सार्वजनिक आयोजन और मंदिरों में लगने वाली झांकियां एवं अन्य समारोह प्रतिबंधित रहेंगे मंदिरों में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनकी सुख समृद्धि की कामना की है अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि भगवान श्रीगणेश की कृपा से शीघ्र ही वैश्विक महामारी कोरोना समाप्त हो तथा सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें